वे नोवेल कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन की अवधि बढाने के संबंध में फैसले की घोषणा कर सकते हैं

उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री लॉकडाउन की अवधि आगे बढ़ाने के बारे में बात करेंगे

प्रधानमंत्री ने शनिवार को वीडियो कांफ्रेंस के जरिये मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की थी इस दौरान कई राज्यों ने लॉकडाउन की अवधि दो सप्ताह बढ़ाने का आग्रह किया था

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्रियों सांसदों और अन्य भाजपा नेताओं को संबोधित करते हुए ये बात कही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के बागवानों को कृषि संरक्षण सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने के प्रबंध किए गए हैं उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थानों और स्थानीय शहरी निकायों के प्रतिनिधियों को लोगों को घर पर आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने में सहयोग के लिए जोड़ा गया है

उन्होंने कहा कि डॉक्टरों सहित अन्य अग्रणी पंक्ति के कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाई जा रही है इस दौरान कोन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी अपने सुझाव दिए

जावडेकर ने कहा कि मीडिया के लोग भी डॉक्टर नर्स पुलिस और सेनेटाइज करने वाले कार्यकर्ताओं की तरह अगली पंक्ति के योद्वा हैं अनिवार्य वस्तुएं केन्द्र सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान छूट संबंधी दिशा निर्देशों का पालन देश के कुछ भागों में उचित रूप से नहीं किया जा रहा है सरकार के अनुसार अनिवार्य और अन्य वस्तुएं ले जा रहे वाहनों को पुलिस द्वारा रोका जा रहा है जिससे वस्तुओं की कमी होने की आशंका है सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि देश के कुछ भागों में लोगों और सेवाओं के लिए दी गई रियायतों संबंधी दिशा निर्देशों और स्पष्टीकरणों का लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह पालन नहीं किया जा रहा है गृह सचिव ने कहा कि अंतरराज्य और किसी राज्य के भीतर सभी ट्रकों व अन्य मालवाहक वाहनों को एक चालक और एक अतिरिक्त व्यक्ति के साथ आने जाने की अनुमति है हिमखण्ड लाहौल स्पीति ज़िले के बरगुल गांव में आज हिमखण्ड की चपेट में आने से एक किसान की मृत्यु हो गई केलंग से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि मृतक की पहचान बरगुल निवासी राजेन्द्र के रूप में हुई है ग्राचमीणों की सूचना पर आपदा प्रबंधन त्वरित कार्यवाही दल सहित आईटीबीपी करगा के जवान भी किसान की तलाशी में जुटे हैं उधर तोदघाटी के दारचा में भी हिमखण्ड खिसकने से दारचा केलंग मार्ग अवरूद्ध है इस बीच ज़िला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ग्यालसन ठाकुर ने घाटी में बिजाई कार्य में हो रहे विलम्ब को देखते हुए लॉकडाउन के कारण कुल्लू व मनाली में फंसे किसानों को अटल टनल से लाहौल पहुंचाने की सरकार से मांग की है

उन्होंने कहा कि अगर समय पर बिजाई नहीं होती है तो किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा फसल कटाई ऊना जिले में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए किसान आलू की फसल को निकालने में जुट गए हैं उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि किसानों को कर्फ्यू में पूरी तरह छूट दी गई है और उन्हें खेत में काम करने की कोई पाबंदी नही है उन्होंने कहा कि गेहूं की फसल पक कर तैयार हो गई है और ऐसे में किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी उपायुक्त ने कहा कि किसानों को आवश्यकता के अनुसार प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा मजदूरों के पास जारी किए जाएंगे